आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हए उन्होंने बताया कि ये नौ कदम प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और स्व रोजगार में लगे लोगों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं

फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण स्विधा की घोषणा की गई है

सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम गेंह या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है इस कदम से अगले दो महीने के दौरान आठ करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा प्रवासी मजदरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा

ये श्रमिक उत्तरप्रदेश निवासी हैं जो महाराष्ट्र से अपने गृहराज्य वापस लौट रहे थे घायलों को यहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

प्रारंभिक पड़ताल में हादसे के लिए बसचालक को जिम्मेदार बताया गया है

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्ना जिले में हुए एक सड़क हादसे में श्रमिकों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की है

हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट च्के हैं

भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सभी शहर वासियों से अपील की है की घर पर रहते हए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें

झाब्आ जिले में पांच नए संक्रमित मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है सीहोर जिले में आज एक और ग्रामीण महिला कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पांच हो गयी खरगोन में आज और दो और नए मरीजो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है

दमोह में भी एक संक्रमित मरीज मिला है रेलवे आरक्षण गंतव्य भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि विशेष ट्रेनों में आरक्षण के लिए भरे जाने वाले विवरण में यात्री के गंतव्य का पूरा पता भी लिया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे त्रंत संपर्क साधा जा सके रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी की वेबसाइट में आरक्षण फॉर्म में इस निर्णय के क्रियान्वयन में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है कोरोना नेकी कोरोना संकट के इस दौर में जहां हर इंसान अपने अपने स्तर पर अपना योगदान दे रहा है ऐसे ही एक कोरोना योद्वा है सीधी जिले के पीडब्लूडी विभाग में काम करने वाले उपयंत्री रमाकांत मिश्र

ऐसे ही एक मजद्र जयलाल बता रहे है कि भोजन व्यवस्था काफी अच्छी थी रमाकांत मिश्र की तरह कई ऐसे लोग है जो इस संकट की घड़ी में एक द्रसरे का साथ देकर समाज को नेकी का आईना दिखा रहे है

लगातार दो दिनों से मौसम के मिजाज में हुए परिवर्तन से दिन के तापमान में कमी आई है